लालजी टंडन बिहार के नये राज्यपाल होंगे

और बकरीद कल मनायी जायेगी

भोजपुर जिले के बिहियां में हुए हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा एक महिला से दुर्व्यवहार और उसे निर्वस्त्र किये जाने के मामले में पन्द्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार पुलिस से रिपोर्ट तलब की है पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जलद देने को कहा गया है आयोग ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जतायी है कि महिला के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किये जा रहे हैं इसपर रोक लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई करने को कहा गया है गौरतलब है कि बिहियां में एक छात्र की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने कल जमकर हंगामा और आगजनी की थी इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में आरा रेल थाना अध्यक्ष और बिहियां के थाना अध्यक्ष सहित आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है मृतक छात्र की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि की गयी है जिलाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई उसकी पूरी जांच करायी जा रही है उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है जो लोग महिला के साथ हुई घटना का वीडियो बना रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार किया जायेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं अभी वहां स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है लालजी टंडन बिहार के नये राज्यपाल होंगे श्री टंडन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में सात राज्यों में नये राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की गयी है बिहार से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है वहीं मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद को सिक्किम का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज प्रे प्रदेश में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया मुख्य सर्वधर्म सभा का आयोजन पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी का व्यक्तित्व बहूत विशाल था उनके नेतृत्व में देश तरक्की की राह पर तेजी से अग्रसर हुआ कार्यक्रम में विधान सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान राधामोहन सिंह रामकृपाल यादव उपेन्द्र कुशवाहा और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी और अन्य दलों के नेताओ ने भाग लिया विभिन्न धर्मो के धर्मग्रू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए नवादा में आयोजित सर्वधर्म सभा में केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वर्गीय वाजपेयी के विचारों और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आहवान किया है केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वाट्स अप पर अफवाहों और फर्जी संदेशों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को भारत में भी एक स्थानीय कार्यालय खोलना होगा श्री प्रसाद ने इस संबंध में वाट्स अप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिश डेनियल्स को अवगत करा दिया है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि देश में डिजिटल व्यवस्था का वाट्स अप एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चूका है उन्होंने कहा कि अफवाह और फर्जी संदेशों की उत्पति का पता लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर वाट्स अप की एक इकाई की स्थापना जरूरी है और उसे भारतीय कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई समाप्त हो गयी इस मामले में न्यायालय में अगली सुनवाई परसों होगी राज्य के लगभग पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को फैसले का इंतजार है शिक्षकों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि स्थायी शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षक भी उतना ही काम करते हैं और इसके साथ ही उनकी योग्यता भी उतनी ही है ईद उल अज़हा बकरीद कल मनायी जायेगी इस अवसर पर राजधानी पटना सहित राज्य की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की जायेगी ईद उल अजहा को लेकर खरीदारी के लिए राज्य के बाजारों में आज काफी चहल पहल देखी जा रही है पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं संवदेनशील स्थानों विभिन्न चौक चौराहों बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और प्रमुख स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए बड़ी संख्या में दंडाधिकारियों की तैनाती की गयी है राज्यपाल सत्यपाल मलिक मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा के अवसर पर राज्य और देश के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद उल अजहा असीम आस्था का त्योहार है इस त्योहार को मेल जोल आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है शिवहर जिले में स्वच्छ भारत अभियान में साफ सफाई और शौचालयों के निर्माण की मुहिम में तेजी आई है स्वच्छता को बढ़ावा दिए जाने से लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है जिले में तिरेपन में से छह पंचायत खूले में शौच के अभिशाप से मुक्त हो चुकी हैं

शौचालयों के उपयोग से जहां खुले में शौच की समस्या का समाधान हुआ है वहीं महिलाओं को होने वाली परेशानियां दूर हुई हैं

इस महीने के अंत तक जिले को ओडीएफ श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है

प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने के कारण अधिकांश हिस्सों में छिटपुट बारिश हो रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर दो सेंटीमीटर से चार सेंटीमीटर तक बारिश हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक लखीसराय में चार सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं बांका जिले के कटोरिया और मध्रबनी जिले के सौलीघाट में दो दो सेंटीमीटर बारिश हुई है चौबीस और पच्चीस अगस्त को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है प्रदेश में नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में कुछ स्थानों को छोड़कर लगातार कमी हो रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी महानंदा कमला बलान अधवारा समूह बागमती गंडक और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है आज कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया यहां नदी के जलस्तर में कल सुबह तक कमी होने की संभावना है इधर गंगा और सोन नदी का जलस्तर राज्य में अधिकांश स्थानों पर स्थिर है भागलपुर के कहलगांव में कल रात दस बजे तक इसमें बढ़ोतरी की संभावना है

शेखपुरा जिला परिषद् अध्यक्ष निर्मला कुमारी और उपाध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ बुधन भाई के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है दोनों अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे हैं जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान तीन सदस्य ही उपस्थित थे और सभी के वोट अमान्य कर दिये गये केन्द्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद अर्जेटिना और अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं अर्जेटिना में आगामी तेईस चौबीस और पच्चीस अगस्त को जी ट्वेंटी के आईटी मंत्रियों का सम्मेलन है जहां समावेशी डिजिटल आर्थिक विकास पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी

लालजी टंडन बिहार के नये राज्यपाल होंगे

राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये